संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया

यह वार्षिक प्रस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं

मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए केन्द्रीय सूचना और प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने गेहूं चना जौ मसूर दाल सरसों समेत सभी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढा दिया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत हो गए

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरूण जेटली तथा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे

सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सिडबी इन जिलों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सहयोग करेगा

इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की सफलता ने जल की दृष्टि से राजस्थान की तस्वीर बदल दी है उन्होंने कहा कि जो राजस्थान कल तक सूखे प्रदेश के रूप जानो जाता था आज वह पूरी दुनिया में जल संचय की मिसाल बन गया है आने वाले समय में इस अभियान से राजस्थान की तकदीर बदल जाएगी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत जल संसाधन की दृष्टि से अभिनव कार्य हुए हैं उन्होंने कहा कि यह अभियान जल संकट के समाधान के लिए क्रांतिकारी अभियान है जिसे ब्रिक्स देशों ने भी सराहा है समारोह को नदी बेसिन और जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीराम वैदिरे मुख्य सचिव डीबी गृप्ता तथा प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास और पंचायतीराज राजेश्वर सिंह ने भी संबोधित किया

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पुष्कर के ब्रहमा मंदिर में दर्शन भी करेंगे

उधर कोटा में अभियान के तहत आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फील्ड आउटरीच ब्यूरो इकाई द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया अभियान के तहत मुख्य समारोह कल आयोजित किया जाएगा